इस दौरान श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अलावा विश्व के कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे सत्रहवीं लोकसभा के मई में संपन्न चुनावों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने अपनी सरकार के फिर से चुने जाने को सच्चाई की जीत और मतदाताओं का इस प्रधान सेवक पर विश्वास करार दिया

विश्व के साथ भारत के संबंधों की बात जब आती है तो जापान का उसमें एक अहम स्थान है दोनों देशों के बीच यह संबंध आज के नहीं हैं बल्कि सदियों के हैं इन संबंधों के मूल में आत्मीयता और सद्भावना तथा एक दूसरे की संस् कृ ति और सभ्यता के लिए आदर है

बल्कि कंपनी खोलकर द्रसरों को भी रोजगार दे रहे है

उन्होंने आज जम्मू कश्मीर में राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की यह बैठक श्रीनगर में सुरक्षाबलों के एकी कृ त कमान मुख्यालय में हुई राज्यपाल सत्यपाल मलिक गृहसचिव राजीव गौबा राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाबलों के अलावा खुफिया एजेंसियों ने भी इस बैठक में भाग लिया इससे पहले आज सुबह अमित शाह श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर अशरद खान के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी

उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में अंतिम सांस ली इसी हमले में उनके साथ सीआरपीएफ के पांच जवान भी शहीद हो गए थे एक ट्वीट में गृहमंत्री ने कहा कि पूरे देश को अशरद खान की हिम्मत और बहादुरी पर गर्व है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें

खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने अपनी बेटी का एडमीशन आगनवाडी में करा कर एक मिसाल पेश की है

कलेक्टर की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है

जिसमें ग्रामीणों की समस्या का निराकरण किया गया